प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार पेपरलैस बजट होगा जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे

माना जा रहा है कि बजट में स्वास्थ्य के अलावा ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और विकास रोजगार कृषि ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी विकास और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया जाएगा

बकाया फीस के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र से अंडरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा यह आदेश प्रदेश के समस्त सीबीएसई आईसीएसई मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा इसी प्रकार विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा

प्रेस सूचना ब्यूरो ने इस दावे को फर्जी बताया है

टॉय फेयर वेबिनार केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय में सचिव यू पी सिंह ने कहा है भारतीय खिलौना मेला एक बेहतरीन शुरुआत है और इससे खिलौना उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा

डब्ल्यूटीओ की प्रमुख नागोजी ओकोंजो इवेयला ने कहा कि गरीब देशों में लोग इससे मर रहे हैं

टीकाकरण कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण कलसे शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करते हुए कल सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली ख्राक ली उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने भी कोविड का टीका लगवाया उधर भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जेपी अस्पताल में टीका लगवाया

डब्ल्यूएचओ कोविड विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले सप्ताह पहली बार विश्व स्तर पर नए कोरोना वायरस संक्रमण की दर बढ़ी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एघनोम घेब्रेयसस ने कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि निराशाजनक है लेकिन हैरत की बात नहीं है उन्होंने देशों से इस बीमारी से लड़ने में ढिलाई न बरतने का आग्रह किया

नीलामी में तीन कंपनियां भारती एयरटेल लिमिटेड वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इंफोकॉम हिस्सा ले रहे हैं नीलामी आज भी दिन भर चलने की उम्मीद है हॉकी भारत हॉकी में आज यूरोपियन दूर सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना मेजबान जर्मनी से होगा यह मैच भारतीय समयानुसार आज रात साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा